उन्होंने कहा कि जेबीटी अध्यापकों की मांग न होने के कारण डाइट में दाखिले नहीं किये जा रहे

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वास न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की द्री अभी भी जरूरी है हरियाणा विधानसभा आज अनिश्चित काल के लिए उठा दी गई

इस विधेयक में आकस्मिकता निधि से इन खर्चो को पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है हरियाणा खेलकूल विश्वविद्यालय विधेयक हरियाणा एक विशिष्ट खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने और निगमित करने के लिए तथा उससे सम्बाधित मामलों के लिए किया गया है विधेयक में कहा गया है कि यह राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पहला पूर्ण विश्वविद्यालय होगा विश्वविदयालय का विशेष ध्यान नवीनतम शोध के आधार पर खेल विज्ञान खेल चिकित्सा और खेल प्रौदयोगिकी पर होगा हरियाणा संक्षिप्त् नाम संशोधन विधेयक प्रदेश को यथा लागू पंजाब अधिनियमों तथा पर्वी पंजाब अधिनियमों के संक्षिप्त नाम से संशोधन के लिए परित किया गया है इस विधेयक के कानून बन जाने पर पंजाब और पूर्वी पंजाब शब्द की जगह हरियाणा लिखा जा सकेगा हरियाणा में किसी जन समूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक व्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधि विरूद्ध लोक व्यवस्था मे विघ्न डालते हये संपतियों को पहंचाई क्षति भी वसुली हेतू अधिकरण का गठन किया जायेगा इसके लिए आज हरियाणा लोक व्यवस्था में विध्न के दौरान अति वसुली विधेयक पारित किया गया

विधेयक मे कहा गया है कि संपति को नुकसान पहंचाने के ऐसे मामलों की पुनरावृति को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्थ बनाये रखने के लिए और हिंसा के लिए भइक्काने वालों के भय के डर पैदा करने के लिए कानूनी ढांचे की जरूरत है इस विधेयक के कानून बनने से जहां हिंसा अस्थिरता सार्वजनिक एवं निजी संपतियों को हये न्कसान और ऐसी हिंसा का रोकने के लिए राज्य के बाहर से तैनात किये गये स्रक्षा बलों की तैनाती की भरपाई के लिए ऐसे अपराधों के दोषियों आयोजकों तथा भड़काने वालों के उत्तरदायी बनाते हये उनसे न्कसान की क्षतिपूर्ति की जायेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति मे जेबीटी अध्यापकों की मांग कम हो जायेगी इसलिये सरकार ने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों यानि डाइट में दाखिले बंदर किये गये है

गीता भुक्कल का कहना था कि निजी क्षेत्र के डाइट संसथानों को दाखिले की अन्मति है इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संसथानों से अपने जोखिम पर कोई पैसा खर्च कर डिप्लोमा करता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है उन्होंने कहा कि ऐसे कोर्स करने की क्या जरूरत है जिसकी विषय मे मांग नहीं न हो और अगर सरकार सरकारी संस्थानों से ये कोर्स करवाती है तो बाद में उनको नौकरी नहीं दे पायेगी जिससे उनका समय और पैसा दोनों व्यर्थ जायेगा उन्होंने बताया कि कौशल विश्वविद्यालय बन चुका है और इस कौशल कोर्सो में जाना चाहिए जिनकी आज कल मांग है मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब इंजीनियर की मांग बहत थी आज इसमें कमी आई है आज के दौर में ज्यादा चिकित्सकों को जरूरत है इसलिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा है कि देशभर में शिक्षा और शिक्षक अनुपात का एक तीस का नियम है जो अतिथि को नौकरी मे बनाये रखने के लिए एक पच्चीस किया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी विपक्ष पर कटाक्ष करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार आधारित दाखिला श्रू करने के साथ सरकारी स्कूलों में दो लाख से अधिक बच्चों का दाखिला कम हआ है क्योंकि उनके नाम निजी व सरकारी दोनों स्कूलों में चल रहे थे स्कूल बंद करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहां एक किलोमीटर के दायरे में दो स्कूल है अधिकतर उनहीं केा बंद करने का फैसला लिया गया है मुख्मयंत्री ने कांग्रेस विधायिका श्रीमती किरन चौधरी दवारा खेल कोटे से हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी की नियुक्ति को लेकर उठाये सवाल पर स्पष्टीकरण दिया कि इस विषय में राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार किया है उच्च न्यायालय ने इस उम्मीदवार को नियुक्ति देने का फैसला दिया है

उनहें अब दूसरा विकल्प दिया गया है

विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिह हडडा द्वारा यह कहने पर कि किसान स्कूल अंग्रेजी माध्यम वाले थे शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब संस्कृति मॉडल स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है और इन्हें सीबीएससी से संबंद्ध किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूल बंद होने के मुद्दे पर कहा जहां की विद्यार्थियों को एक किलोमीटर से दूरी पर जाना पड़ेगा वहां उन्हें सरकार द्वारा परिवहन स्विधा दी जायेगी

आज प्रश्न काल के दौरान उप मुख्यमंत्री ने विधायक कृष्ण लाल मिड़डा के प्रश्न के उत्तर में बताया कि वे केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से मिले थे और भिवानी कैथल मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दवारा अपने अधीन करने तथा चारमार्गी करने का आग्रह किया था

जींद विधानसभा क्षेत्र के गांव अमरेड़ी व उचाना विधानसभा क्षेत्र के गांव शाहपुर के पास ट्रटी सड़क की मरम्मत के लिए अनुमान तैयार कर काम शुरू करने के निर्देश दिये गये है एक अन्य विधायक के पूरक प्रश्न के उत्तर में उनहोंने बताया कि रादौरा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की ट्टी सड़कों की मरम्मत व चौड़ा करने का काम प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के तहत किया जायेगा हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में मृत पश्ओं को दफनाने की नई व्यवस्था शुरू की जाएगी

उन्होंने कहा कि मृत पश्ओं के लिए फिलहाल राज्य में हड्डा रोडी की प्रथा चल रही है